राज्य के दोनों ही प्रमुख दलों भाजपा और कांग्रेस के नेता चुनावी जनसभाओं तथा जनसंवाद कार्यक्रमो से मतदाताओं को लुभाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं

दूसरी ओर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज कुल्लू जिला के खराहल घाटी मे अर्न्तगत त्रयांबली में मंडी संससदीय क्षेत्र से लोकसभा प्रत्याशी रामस्वरूप शर्मा के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे वहीं कांग्रेस प्रत्याशी आश्रय शर्मा सुन्दरनगर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न स्थानों में लोगों से रूबरू होंगे

कल अधिकतर जिला चुनाव अधिकारियों को ये बैलेट पेपर दे दिए गए हैं

एक एक बैलेट पेपर ईवीएम के भीतर लगेगा

यदि कोई व्यक्ति ये दावा करता है कि उसने ईवीएम से वोट नहीं दिया है तो उनके स्थान पर कोई और ही व्यक्ति वोट डाल गया है तो उस स्थिति में इन बैलेट पेपरों के माध्यम से वह पुराने तरीके से वोट डाल सकेगा जिला ऊना में मतदाताओं को वोट की महत्व बताने के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय में स्वीप के अंतर्गत विभिन्न स्तरों पर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम किए जा रहे हैं ये जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त राकेश कुमार प्रजापति ने दी उन्होंने बताया कि अब ये जागरूकता कार्यक्रम उपमंडल स्तर पर चलाए जा रहे हैं ताकि वोट प्रतिशतता बढ़ाने में मदद मिल सकें मुख्य सचिव बीके अग्रवाल ने आवासीय आयुक्त कार्यालय से संबंधित मुद्दों पर कल नई दिल्ली में हुई समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की उन्होंने कहा कि नई दिल्ली के हिमाचल भवन और हिमाचल सदन में आवासीय आयुक्त के कार्यालय को सुदृढ़ करने के हरसंभव प्रयास किए जाएंगे इस बैठक में प्रधान आवासीय आयुक्त संजय कुंड़ ने मुख्य सचिव को आवासीय आयुक्त कार्यालय को प्रभावी बनाए जाने के संबंध में उठाए जा रहे कदमों के बारे जानकारी दी ब्यास नदी के कैचमेंट एरिया में उंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ पिघलने से पंडोह बांध का जलस्तर बढ़ रहा है और ऐसे में बांध के गेट किसी भी समय खोले जा सकते हैं देहरा के एसडीएम धनवीर ठाकर ने ब्यास नदी के आस पास रहने वाले लोगों व पर्यटकों से नदी के पास न जाने की अपील की है पूर्व केन्द्रीय मंत्री पंडित सुखराम ने कहा है कि उनके और पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बीच नीतियों को लेकर मतभेद जरूर रहे हैं लेकिन कभी मनभेद नहीं रहा है अपने पोते और मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी आश्रय शर्मा के प्रचार के दौरान नाचन विधानसभा क्षेत्र में करीब आधा दर्जन नुक्कड सभाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कल कुटलैहड़ क्षेत्र के विभिन्न स्थानों में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर के पक्ष में चुनावी जनसभाओं को सम्बोधित किया इस मौके उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्षो में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत की दुनिया में साख मज़बूत हुई है

पंजाब केसरी व दिव्य हिमाचल की एक जैसी सुर्खी है सीबीएसई दसवीं में देहरा की अंशिका व डलहौजी की रीत संदल ने हिमाचल में किया टॉप अमर उजाला के शब्द हैं सीबीएसई दसवीं में देहरा की अंशिका ने हिमाचल में किया टॉप

लोकसभा चुनाव को लेकर नेताओं द्वारा की जा रही जनसभाओं से जुड़ी खबरें भी सभी अखबारों में प्रकाशित हुई हैं आपका फैसला मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से लिखता है बयानबाजी करने के लिए वीरभद्र सिंह पर डाला जा रहा दबाव अनुभवी राजनेता को सलाह देने का कार्य कर रहे कांग्रेस के छोटे नेता अमर उजाला की सुर्खी है पवन काजल के खिलाफ चुनाव आयोग कोर्ट में दायर करेगा केस मुद्रक के फर्जी नाम पते बिना प्रकाशक वाले पंफलेट व केलेंडर बांटने का मामले वहीं दैनिक भास्कर लिखता है कांग्रेस प्रत्याशी पवन काजल को राहत अब अज्ञात लोगों पर होगी एफआईआर अब फेल छात्रों का साल नहीं होगा बर्बाद शीर्षक से दिव्य हिमाचल लिखता है पहली बार वार्षिक परीक्षाओं की तर्ज पर जून में पेपर दे पाएंगे अनुतीर्ण रहे छात्र